पहले घंटे में औसत चार प्रतिशत मतदान की खबर

स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिये सुरक्षा के किये गये व्यापक इंतजाम सातवें और अंतिम चरण का चूनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी

पहले घंटे में चार प्रतिशत औसत मतदान हुआ है सबसे अधिक छह प्रतिशत मतदान वाल्मीकि नगर और सीवान संसदीय क्षेत्र में हुआ है वहीं पूर्वी चंपारण में तीन दशमलव दो पांच पश्चिम चंपारण में पांच दशमलव चार प्रतिशत वोटिंग हुयी है महाराजगंज में सुबह आठ बजे तक दो दशमलव तीन और गोपालगंज में तीन दशमलव पांच प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वैशाली में चार प्रतिशत और शिवहर में दो दशमलव पांच प्रतिशत मतदान की खबर है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर युवा महिला और बुज़ुर्ग मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है पहली बार वोटिंग करने आये मतदाताओं में विशेष उत्साह है

मैं यही कांटी क्षेत्र का हूं मैं बैरिया का रहने वाला हूं मैं अभी अपने स्कूल पर वोट गिराने आया हूं वोट मेरा अधिकार है मैं अपना अधिकार जमा करने आया हूं मैं लोगों से यह कहना चाहूंगा कि सब आये अपना अपना मतदान करें क्योंकि अच्छे नेता को चुनना है तो आगे आके वोट करना पड़ेगा एक करोड़ अड़तीस लाख से अधिक मतदाता एक सौ सताईस उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे मैदान में सोलह महिला प्रत्याशी भी हैं सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर पारू और साहेबगंज तथा वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र के रामनगर और वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक मतदान होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में शाम छह बजे तक मतदान जारी रहेगा मतदान केंद्रों पर नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है कई आदर्श मतदान केंद्रों को आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है वोटरों की मदद के लिये सामाजिक संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं शिवहर संसदीय क्षेत्र के श्यामपुर भटहा स्थित बूथ संख्या दो सौ पचहत्तर पर होमगार्ड जवान से गलती से चली गोली लगने से एक मतदान कर्मी घायल हो गया उसे इलाज के लिये सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है वैशाली संसदीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने की खबर है जिन्हें बदला जा रहा है लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल संजय जयसवाल रमा देवी और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह प्रमूख हैं सीवान सीट पर दो महिला उम्मीदवारों जदयू की कविता सिंह और राजद की हिना शहाब आमने सामने हैं इसके अलावा जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो और आलोक कुमार सुमन लोजपा की वीणा देवी राजद के सैयद फैसल अली सुरेंद्र राम और रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा और आकाश कुमार सिंह तथा कांग्रेस के शाश्वत केदार की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं नेपाल से लगने वाली सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है उत्तर प्रदेश से लगने वाली गोपालगंज सीवान और पश्चिम चम्पारण जिले की अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील कर दिया गया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान वाले दियारा क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस के दस्ते की तैनाती की गई है उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी शांतिपूर्ण मतदान के लिए छियानवे हजार चुनावकर्मी और दो हजार पांच सौ छिहत्तर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किये गये हैं दो सौ बयासी बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से एक हेलीकॉप्टर और पटना में एक एयर एम्ब्रलेंस की भी व्यवस्था की गयी है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोय्क्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी छठे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरे पर है विभिन्न पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं

रोड शो में उप मुख्यमंत्री सुशील कूमार मोदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पटना साहिब के भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद समेत पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे इस दौरान अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया इससे पहले अमित शाह ने आरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री से ही संभव है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार के तेज विकास के लिये केंद्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाना जरूरी है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बक्सर और डेहरी में आयोजित सभाओं में कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है उधर राजद के वरिष्ठ नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरा बक्सर और पाटलिपूत्र लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित सभा में कहा कि यह चुनाव देश और संविधान बचाने का है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने बक्सर और भभुआ में आयोजित सभा में कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनी तो गरीबों के लिये स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जायेगी भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरा में कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है इधर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास औरंगाबाद और नालंदा जिले में तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आरा नालंदा और दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तेज ध्रप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल रहा हालांकि देर शाम पटना में हल्के बादल छाने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी पटना और गया के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की गयी जबकि भागलपुर पूर्णिया कटिहार समेत विभिन्न जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि गया का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती हवा का प्रभाव बनने से राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव की स्थिति बनी है विभाग ने कहा है कि बिहार से लेकर झारखंड तक एक ट्रफ लाइन भी बना है जिसके कारण अगले दो तीन दिनों में पटना सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी पानी की भी संभावना है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिये समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने पटना में पत्रकारों से कहा कि संघ समान वेतन के लिये संघर्ष जारी रखेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पटना में आयोजित रोड शो को सचित्र प्रकाशित किया है इस खबर का सभी अखबारों ने रोचक शीर्षक लगाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है शत्रु के घर में शाह का रोड शो दैनिक जागरण ने लिखा है ढोल नगाड़ों की थाप पर गूंजते रहे मोदी मोदी के नारे इसके अलावा अखबारों ने आज छठे चरण के लिये हो रहे मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है इस खबर का हिन्दुस्तान ने शीर्षक लगाया है बिहार की आठ सहित देश की उनसठ सीटों पर वोटिंग आज इसी खबर का दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है बिहार सहित सात राज्यों की उनसठ सीटों पर वोटिंग आज इनमें चौवालीस भाजपा के पास इसके अलावा अखबारों ने अमित शाह के रोड शो और चुनाव से जुड़ी खबरों को अंदर के पन्नों पर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पहले घंटे में औसत चार प्रतिशत मतदान की खबर

स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिये सुरक्षा के किये गये व्यापक इंतजाम सातवें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी